राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर आज देशभर के ग्राम सरपंचों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र दो गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का अनुभव कराया है उन्होंने कहा कि हर ग्राम सभा ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी इस दौरान प्रधानमंत्री ने देशभर के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की उन्होंने ग्रामीणों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील भी की प्रधानमंत्री ने ग्रामस्वराज पर आधारित स्वराज की महात्मा गांधी की अवधारणा को स्मरण किया प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देशवासी अपनी सामूहिक कोशिशों और एकजुटता से कोरोना को जरूर परास्त करेंगे अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त य कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत कोरोना महामारी के संकट के दौर में पूरे सामर्थ्य और एकजुटता के साथ इस आपदा का सामना कर रहा है एक प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी मोर्चों पर तत्परता के साथ राहत व बचाव कार्य कर रही है अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश भर के सरपंचों को आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है मारकंडा कुल्लू में रह रहे लाहौल स्पिति जिला के लोगों को कृषि संबंधी कार्यो के लिए लाहौल घाटी पहुंचाने के लिए कल से विशेष गाड़ियां आरम्भ कर दी जाएगी कृषि य जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने मनाली रोहतांग सड़क का निरीक्षण करने के बाद आज ये जानकारी दी

मारकंडा ने कहा कि ये गाड़ियां फिलहाल राहनी नाला तक ही चलाई जाएगी और उससे आगे लोगों को तीन किलोमीटर पैदल जाना होगा कृषि मंत्री ने बताया कि ऑनलाईन आवेदन करने वाले लोगों को बारी बारी इन गाड़ियों में भेजा जाएगा मारकंडा ने कहा कि मौसम की परिस्थिति के मुताबिक पहले दिन तांदी से तिंदी तक के लोग भेजे जाएंगे जबकि अगले चरणों में तिबन घाटी और अन्य घाटियों के लोग भेजें जाएंगे गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने महिलाओं को कोरोना वॉरियर की संज्ञा देते हुए कहा है कि संकट के इस दौर में महिलाओं ने समाज के हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं सहित स्वयं सहायता समूह व महिला मंडलों से जुड़कर जहां महिलाएं आम जनमानस को जागरूक कर रही हैं वहीं बड़ी संख्या में मास्क तैयार कर गांव गांव में उपलब्ध करवा रही हैं

उन्होंने लोगों से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए सामाजिक दूरी और मास्क लगाने के उपायों को गम्मीरता से अपने जीवन में ढालने की अपील की है गोविंद ठाकुर ने मनरेगा मजदूरों और किसानों बागवानों से भी सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया अनिरूद्ध कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अनिरूद्व सिंह ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों की सराहना की है उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्षेत्र की सभी पंचायतों को सैनेटाइज करने और मास्क उपलब्ध करवाने की सरकार से मांग की है एसजेपीएनएल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा शिमला शहर के लोगो को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्स के हाल ही के एक सर्वेक्षण के अनुसार पानी की गुणवत्ता के मामले में शिमला का देशभर में छठा स्थान आया है निगम द्वारा कोरोना वायरस के दौरान लोगों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त पेयजल आपूर्ति करने के लिए यैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के मुताबिक सभी यॉटर ट्रीटमेंट प्लांटस और स्टोरेज टैंकों को साफ व सैनिटाईज किया जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर जिला सिरमौर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पांवटा साहिब के गुरूद्वारा परिसर और हिमालयन ग्रुप संस्थान काला अम्ब को क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया है